इधर कल जयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में एक सरकारी डॉक्टर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है

इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोविड की तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता डॉक्टर राघवन ने कहा कि तीसरी लहर इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर दिशानिर्देश कितने प्रभावकारी ढंग से लागू किए गए उन्होंने कहा कि एहतियात निगरानी प्रबंधन उपचार और परीक्षण के दिशानिर्देशों के समुचित पालन से संक्रमण का प्रसार रोका जा सकता है

इसे काली फफूंद के नाम से भी जाना जाता है कोविड मरीजों में इसके प्रभाव की खबरों के बारे में उन्होंने कहा कि इस संक्रमण का केवल उन पर ही असर होता है जो उच्च ब्लड शुगर से पीडित हैं डॉक्टर पॉल ने कहा कि यह एक फफूंद होता है जो नम सतह पर पनपता है और इसका उन मरीजों पर कम असर होता है जो मधुमेह के रोगी नहीं है उन्होंने लोगों से इस बीमारी पर रोक लगाने के लिए अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने को कहा है

इस कडी में भरतपुर संभागीय आयुक्त पी सी बेरवाल ने तहसील क्षेत्रों का दौरा कर कोरोना प्रबंधन की समीक्षा कर रहे है श्री बेरवाल ने नदबई में लोगों से कोविड गाईडलाईन की पालना के लिये समझाइश की उन्होंने लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने आवश्यक रूप से मास्क लगाने साफ सफाई का ध्यान रखने और उचित सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ ही कोविड टीकाकरण कराने की अपील की साथ ही अधिकारियों को रोजाना बाजार और मोहल्लों में सैनेटाइजर का छिडकाव कराने के निर्देश दिए इधर विभिन्न सामाजिक संगठन जनप्रतिनिधि और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने और टीकाकरण के लिये हर संभव मदद कर रहे है भारतीय वन सेवा और राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों ने कोविड टीकाकरण के लिए अपने तीन दिन का वेतन मुख्यमंत्री कोविड सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है

इधर सीकर के सावली में ऑक्सीजन प्लांट के लिए माहेश्वरी प्रन्यास की ओर से पांच लाख रूपये की सहायता राशि दी गई है